लॉकडाउन बढा सरकार ने देश में लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं श्री मोदी ने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट और वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रो में न हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अन्पालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे वहां क्छ शर्तों के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अन्मति दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी सीएम ऑन लॉकडाउन म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले को सही बताया उन्होंने कहा कि आने वाले क्छ दिन राज्य के लिए भी बेहद अहम हैं

बिजली उपभोक्ता राहत राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है

इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के खर्च का वहन यूपीसीएल दवारा किया जाएगा

राज्य सरकार निजी नलक्प श्रेणी में विलम्ब भ्गतान अधिभार में छूट देने जा रही है

वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक बरिंदर जीत सिंह ने बताया की कोरोना महामारी के दौरान क्छ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर कोरोना जमात और जरूरतमंदों तक पहंचाये जा रहे आवश्यक सामान को लेकर तरह तरह के आपत्तिजनक भड़काऊ ख़बरें पोस्ट कर रहे थे

किसान सम्मान निधि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में सम्मान निधि डाले जाने के बाद किसानों को काफी राहत मिली है

अब किसान इस दौरान आवश्यक वस्त्रं खरीद पा रहे हैं वहीं गेहूं कटाई और मड़ाई के लिए भी इस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है जिले के मैदानी क्षेत्रों टनकप्र और बनबसा के साथ ही घाटी वाले इलाकों में गेहं की कटाई और मड़ाई का कार्य चल रहा है इस दौरान किसान सोशियल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं बेलखेत निवासी किसान खीम सिंह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवी क़िस्त मिलने से खासे उत्साहित हैं एक अन्य ब्ज्र्ग किसान लालमणि भी प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना की सराहना करते हैं जिले के म्ख्य कृषि अधिकारी राजेंद्र उप्रेती ने कहा कि क्छ किसानों के खातों में गड़बड़ी के चलते किसान सम्मान निधि की धनराशि नही पड़ रही थी जिसके लिए कृषि विभाग के कार्यालयों और कॉमन सर्विस सेन्टरों में स्धार किया जा रहा है

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में डॉ अंबेडकर की तस्वीर पर प्ष्पांजलि अर्पित की कोरोना वायरस संक्रमण की रोक के लिए चल रहे लॉक डाउन के कारण राजभवन में कोई औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हआ राज्यपाल ने बाबा साहब के सिद्धांतों शिक्षाओं को याद करते हए प्रदेश वासियों से उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आहवान किया म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर बाबा साहेब के चित्र पर श्रद्वास्मन अर्पित किए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने राष्ट्रीय एकता सामाजिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान दिया इसके साथ ही प्रदेशभर में संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर को श्रद्वांजलि दी गई